पोल्ट्री पक्षियों को मारने के लिए दल तैनात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

इस गतिरोध को हल करने के लिए चार सदस्यीय पैनल भी नियुक्त किया गया था

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा जिसमें विभिन्न जिलों से मंत्री जनप्रतिनिधि अधिकारी और संबल योजना के हितग्राही शामिल होंगे

सीतारमण बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श किया वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग माध्यम से आयोजित बैठक में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राज्यों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया वित्त मंत्री ने सहकारी संघवाद के महत्व पर जोर देते हुए इंगित किया कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना महामारी का सामना करने में मजबूती से समर्थन दिया है अधिकांश राज्यों ने महामारी के संकट काल में ऋण लेने की सीमा बढाने और एक के बाद एक ऋण उपलब्ध कराने जैसे वित्तीय मदद के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया इस दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने बजट में शामिल करने के लिए कई सुझाव भी दिए

मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के तीस हजारी में पक्षियों के नमूनों में भी एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है उधर महाराष्ट्र में त्वरित कारवाई टीम तैनात की गई है और सभी गंभीर रूप से प्रभावित स्थानों पर पोल्ट्री पक्षियों को मारने का काम चल रहा है इसके अलावा मध्यप्रदेश के हरदा और मंदसौर तथा छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भ्जी पोल्ट्री पक्षियों के एवियन इन्फ्लूएंजा से ग्रस्त एक किलोमीटर के दायरे में पक्षियों को मारने के लिए दल तैनात किए गए हैं हरियाणा के पंचकूला में संक्रमण ग्रस्त पोल्ट्री में पक्षियों को मारने का काम जारी है मंत्रालय ने कहा कि देश में बर्ड फ्लू संक्रमण वाले क्षेत्रों में स्थिति की निगरानी के लिए गठित केंद्रीय टीम प्रभावित स्थलों पर जा रही है

सवाल इस कम में आज का प्रश्न है क्या सबको एक साथ कोविड का टीका लगाया जाएगा जवाब इस प्रश्न का जवाब होगा भारत सरकार ने टीके की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण के लिए प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान की है यह वे समूह हैं जिन्हें संकमण का सबसे ज्यादा खतरा है इसलिए इन्हें पहले टीका लगाया जाएगा प्राथमिकता वाले इन समूहों में पहले नम्बर पर स्वास्थ्यकर्मी और अग्रिम पंक्ति में तैनात कायकर्ता हैं

इससे अमरकंटक में माँ नर्मदा तट का सौन्दर्यीकरण किकया जाएगा प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने यह जानकारी देते हृए बताया कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अमरकंटक को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और श्रद्वालुओं को और अधिक सुविधा देने की योजना बनाई गई है